रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत पहले परमाणु अस्त्रो का उपयोग नहीं करेगा रवि शास्त्री अगले दो वर्ष के लिये भारतीय किकेट टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे

मौसम विभाग ने जोधपुर नागौर और पाली जिलों की कुछ जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है

कोटा बारा प्रतापगढ झालावाड भीलवाडा और पाली जिले में बाढ़ जैसे हालात के कारण सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यो में लगी हुई है

तेज बहाव के कारण चम्बल नदी के किनारे बसे सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है चम्बल नदी का जलस्तर बढने से धौलपुर के राजाखेडा उपखण्ड पर जलस्तर लगातार बढ रहा है यहां पुलिस और एनडीआरएफ की टीम स्थिति पर निगाह बनाये हुए है इस बीच कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैथ्न और बूंदी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

सवाईमाधोपुर में हो रही बारिश के कारण जिले के डील बांध के आस पास के क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाये हुए है

बारां में कल हुई बरसात के बाद कई कच्चे मकान ढहने और कई रास्तों के अवरुद्ध होने की सूचना है भीलवाड़ा जिले में भी मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया नदी बांधों के उफान पर होने से कई गांवों का सड़क संपर्क दूट गया है चित्तौडगढ़ जिले में बेगू उपखंड में कल रात हुई बारिश से ब्राह्मणी नदी उफान पर है वहीं चित्तौडगढ़ शहर के मधुवन बाईपास पर पानी भर गया है प्रतापगढ़ जिले में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है

वहीं जोधपुर में मुसलाधार बारिश के चलते गलजारपुरा क्षेत्र स्थित पहाडियों से पत्थर ट्टटकर मकान पर गिरने से एक बालिका और एक युवक की मृत्यु हो गई नागौरी गेट के पास एक मकान की पट्टियां गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया बालरवा के पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल ट्रट गई भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग की ओर से आज भी जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है पाली में कल रात से हो रही लगातार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है जिले में वर्षा जनित हादसों में चार लोगों की मृत्यु की सूचना है भारी बारिश के कारण पाली मारवाड़ बोमदड़ा केरला पाली मारवाड़ रेलखण्डों में ट्रेक के नीचे पानी भर जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है राजसमंद में वर्षा के कारण बाघेरीनाका बांध में पानी की आवक के कारण बांध छलक गया है बाडमेर में भी कल रात से कई स्थानो पर रूकरूक कर बरसात हो रही है इसके कारण लूणी नदी का जलस्तर लगातार बढ रहा है

जिला कलेक्टर ने आज सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की है

इस दौरान श्री गहलोत ने इस प्रकरण के घटनाक्रम और अनुसंधान में रही त्रुटियों पर चर्चा की बैठक में निर्णय किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर अपील की जाए जिसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए एडीजी क्राइम की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठने किया जाएगा

पोखरण में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत इस सिद्वांत पर दृढ़ता से टिका हुआ है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा

श्री गहलोत कल जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च शिक्षा को लेकर समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि दूरी के कारण किसी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पडे इसके लिए नए कॉलेज जल्द शुरू करना सरकार की प्राथमिकता है श्री गहलोत ने ऐसे कॉलेज जिनके अब तक भवन नहीं बने हैं उनके निर्माण की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए

जयप्र जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा है कि लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस पंच किए जाए और गलती का दोहराव होने पर ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस निलंबित किए जाए श्री यादव कल जयपुर में जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने नागरिकों में यातायात नियमों की पालना को बढाने के लिए आरटीओ कार्यालय और ट्रेफिक पुलिस को मिलकर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश भी दिए

जिला कलेक्टर हिमांश् ग्रप्ता ने बताया कि ये मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया साथ ही पीड़ित बच्चों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गये है